श्री परिकर का आज शाम पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है उत्तराखंड की पांच सीटों के लिए भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे

कॉलेजों में इंटरेक्टिव सेशन के तहत छात्र छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा

होल्यारों ने पहाड़ी संस्कृति पर आधारित गीत गाये स्लग पर्रिकर निधन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त की है उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और कुशल नेता खो दिया है उन्हेंग लोग प्यार से आम जनता का मुख्यमंत्री कहकर बुलाते थे संदेश में कहा गया है कि पर्रिकर सरल और योग्य प्रशासक के रूप में याद किए जाएंगे आधुनिक गोवा और देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवार और गोवा की जनता के प्रति समूचे देश की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है श्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया लम्बी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह श्री पर्रिकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक कुशल प्रशासक और लोकप्रिय नेता खो दिया है उन्होंने अपने शोक संदेश में श्री पर्रिकर जी को कुशल राजनीतिज्ञ योग्य शासक और ईमानदारी छवि वाला जननेता बताया है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी श्री पर्रिकर के निधन पर गहरा दुःख जताया अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय पर्रिकर ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए भी जनहित और लोकसेवा को सर्वोपरि रखा और अंतिम समय तक अपने कर्तव्यों का पालन किया उन्होंने कहा कि श्री पर्रिकर का जीवन अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है उनके निधन से गोवा सहित समूचे राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति पहुँची है स्लग अधिसूचना जारी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के पहले चरण के चुनावों के लिए आज अधि सूचना जारी कर दी

प्रदेश के सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन पत्रों की बिक्री दोपहर तीन बजे तक हुई टिहरी सीट के लिए नामांकन देहरादून में किये जा रहे हैं जबकि नैनीताल ऊधमसिंह नगर सीट के लिए नामांकन रुद्रपुर में हो रहे हैं प्रदेश में चुनाव आयोग के स्तर पर मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है पहली बार बड़े स्तर पर वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए चुनाव से जुड़े कर्मचारियों और आम जनता को इसके इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इसी क्रम में मतदाता इन्टरेक्टिव सेशन के तहत आज बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने मतदान प्रक्रिया और उससे जुड़ी समस्याओं पर कई सवाल पूछे जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी की शंकाओं का समाधान किया इंटरेक्टिव सेशन में वोटरों को प ी टी और वीडियो के जरिये ई वी एम और वी पी पैट की जानकारी दी गई साथ ही नैतिक मतदान के मार्ग पर आने वाले बाधाओं को दूर करने के सुझावों पर चर्चा हुई

स्लग मतदाता जागरूकता बागेश्वर में स्वीप की दो टीमों ने कम मतदान वाले गांव हवील कुलवान और मटेना गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया टीम के सदस्यों ने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया इस दौरान ग्रामीणों और महिलाओं ने शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया स्वीप की टीम ने मटेना गांव में जाकर होली गायन के जरिये लोगों को सौ फीसदी मतदान के लिए प्रेरित किया सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडेय ने बताया कि शत प्रतिशत मतदान के लिए जिले के अन्य गांवों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

महिला दल की सदस्य घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं

कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्भीक होकर अपने मत का इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनकर आए और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाए इन्टरेक्टिव सेशन में लघु फिल्म प्रदर्शित की गई जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलायी

यहां खड़ी और बैठकी होली में लोक जीवन के रंग झलकते हैं होल्यारों की टोलियां लोक संस्कृति के गीत गाती हैं गीतों के जरिये रंगों के त्योहार का उल्लास और बढ़ जाता है इसी कड़ी में चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आज व्यापार संघ और अन्य समूह की ओर से पुलिस मैदान में बैठकी होली का आयोजन किया गया